तीन मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की होगी रैली

प्रधानमंत्री ने आम चुनाव के मद्देनजर युवाओं से मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने का आग्रह किया है ताकि उनके सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ा जा सके आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा

उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कन्धों पर लेने का अवसर आ गया है मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूँ कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खुद को जरूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएँ प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया उन्होंने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने उन्नीस सौ बयालीस में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी इसके माध्यम से वे आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ देशवासियों से भी संवाद किया करते थे

उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था सुभाषबाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज था वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे दिस इज सुभाष चन्द्र बोस स्पीकिंग दू यू ओवर द आजाद हिन्द रेडियो और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से जितने भी सफल अंतरिक्ष मिशन हुए थे उतने मिशन पिछले चार वर्षों में सफलतापूर्वक पूरे किए गए उन्होंने कहा कि देश ने हाल में एक अंतरिक्ष यान से एक सौ चार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है श्री मोदी ने कहा कि भारत शीघ्र ही चन्द्रयान द्वितीय मिशन के तहत चन्द्रमा पर अपनी मौजूदगी दर्ज करायेगा

इसी चौबीस जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेट लांच किया गया है ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउन्डिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं हम जल्द ही चन्द्रयान दो अभियान के माध्यम से चाँद पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत खुले में शौच से मुक्ति पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि अब तक देश के छह सौ जिले और साढ़े पांच लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं इसके अलावा करीब नौ करोड़ परिवारों को शौचालय मुहैया कराये गये हैं जिससे ग्रामीण भारत में स्वच्छता का प्रतिशत अड्डानवे से भी अधिक हो गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया है लोकसभा का बजट सत्र इकतीस जनवरी से शुरू होगा और अगले महीने की तेरह तारीख को संपन्न होगा बजट सत्र से पहले बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक के दौरान श्रीमती महाजन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील करेंगी अंतरिम बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है इसी कड़ी में आगामी तीन मार्च को पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली से एनडीए अपने चुनावी अभियान की शुरूआत करेगा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आज पटना में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रैली में मुख्यमंत्री नीतीश क्मार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विलास पासवान भी शामिल होंगे उन्होंने बताया कि रैली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है प्रदेश में सत्ता में वापसी के बाद यह पहला मौका होगा जब एनडीए के सभी दिग्गज एक मंच पर उपस्थित होंगे

बरामद फर्जी टिकटों का मूल्य एक करोड़ से अधिक बताया गया है इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है भारत में स्वदेशी तकनीक से बनी और सबसे तेज दौड़ने वाली रेलगाडी का नाम वंदे भारत होगा यह गाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सेमी हाई स्पीड रेलगाडी का जल्द ही उद्घाटन करेंगे

सोलह डिब्बों वाली यह रेलगाडी दिल्ली से वाराणसी तक की दूरी आठ घंटे में तय करेगी केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे श्री प्रसाद ने बिहार मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के पच्चीस शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि राजनीतिक दलों को शहीद जवानों पर राजनीति करने की जगह उनके अमूल्य बलिदान की चर्चा करनी चाहिए श्री प्रसाद कल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे पश्चिम चंपारण जिले में स्थित बाल्मीकी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में वन तस्करों ने होमगार्ड के दो जवानों की हत्या कर दी वहीं एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया बगहा के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि होमगार्ड के जवान वन तस्करों की गिरफ्तारी के लिए गये थे इसी दौरान दो दर्जन से अधिक की संख्या में घातक हथियारों से लैस तस्करों ने जवानों पर हमला कर दिया श्री गुप्ता ने बताया कि तस्करों की गिरफ्तारी के लिए भारत नेपाल की सीमा से लगे जंगलों में छापेमारी की जा रही है श्रम संसाधन विभाग की ओर से गया में कल से तीस जनवरी तक प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया है गया के केन्द्ई स्थित राजकीय आई टीआई परिसर में आयोजित होने वाले इस मेले का उद्घाटन श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे इस अवसर पर स्थानीय सांसद हरि मांझी भी उपस्थित रहेंगे मेले में प्रदेश के सभी तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी है आज राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में ध्रप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि उनके विभाग की ओर से प्रदेश के चौबीस जिलों के दो सौ पचहत्तर सूखाग्रस्त प्रखंडों के किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत् अनुदान दिया जा रहा है

गोपालगंज जिले के मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक अनंत सिंह का आज निधन हो गया वह बानवे वर्ष के थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व विधायक के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वे एक कुशल राजनेता और प्रसिद्ध समाजसेवी थे विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधानपरिषद के सभापति हारूण रशीद ने भी अनंत प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के धारपुर से पुलिस ने एक शराब कारोबारी को चार सौ लीटर स्प्रिट तीन हथियार और बीस कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है वहीं खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव से पुलिस ने बहत्तर बोतल विदेशी शराब बरामद की है इधर करोड़ों रुपये से अधिक की ठगी के मामले में मुंबई अपराध शाखा की टीम ने मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है अररिया जिले में परमान नदी की तेज धारा में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी वहीं पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में बाल्मिकी नगर अतिथि भवन के सामने सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गयी

तीन मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की होगी रैली